पहली ज्लाई दो हजार बीस और पहली जनवरी दो हजार इक्कीस से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भ्गतान भी नहीं किया जाएगा हालांकि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जारी रहेगा सरकार द्वारा जब भी पहली ज्लाई दो हजार इक्कीस से देय महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का फैसला लिया जाएगा तब पहली जनवरी दो हजार बीस पहली ज्लाई दो हजार बीस और पहली जनवरी दो हजार इक्कीस की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरें बहाल कर दी जाएंगी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संय्क्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के एक हजार चार सौ नो पॉजिटिव मामले आएं है केंद्रीय गृहमंत्रालय ने क्छ अतिरिक्त कृषि और वानिकी वस्त्ओं छात्रों के लिए शैक्षिक प्स्तकों की द्कानों और बिजली के पंखो की द्कानों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दे दी है इसके अलावा वरिष्ठ नाग़रिकों के इन हाउस केयर शहरी क्षेत्र में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज यूटिलिटिज और फ्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी है

स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट में बताया कि संक्रमित व्यक्ति धूबरी जिले से है

इनमें से कई लोग ठीक हो गए हैं

इस योजना की लाभार्थी सावित्री देवी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गैस एजेंसी होम ट्र होम एल पी जी सिलिंडर की डिलिवरी कर रही है जिससे उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है स्थानीय गैस एजेंसी के मैनेजर एस पॉल ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस की डिलिवरी की जा रही है

उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस के लिए किए गए लॉकडाउन के सलाह का प्री तरह से पालन करने को कहा उन्होंने ज्मे की नमाज मस्जिद में अदा करने के बजाय घर पर जोरह की नमाज करने की अपील की है

कोई बच्चा बिना खाना खाएं न सोए इस मिशन के तहत आसपास के गरीब और कमजोर परिवार के बच्चों को राहत सामग्री वितरित की गई इधर जी टी सी अब् चर्च दवारा जे एन कॉलेज पासीघाट के छात्रों के बीच राशन वितरित किया गया इस संगठन ने लॉकडाउन के चलते राज्य के विभिन्न जिलों के फंसे हए छात्रों की सहायता करते हए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की

संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश के सभी संगठनों को जन जागरुकता के अलावा आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए जिला चिकित्सा अधिकारी ने संगठन के प्रयास की सराहना करते हुए लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्ग की मदद करने का आहवान किया

इसके तहत बल के जवानों ने ए टी एम से पैसे निलालने के लिए लाईन में लगे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरुक किया एन डी आर एफ ने लोगों को मास्क वितरित कर इसका नियमित उपयोग करने की अपील की